सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रत्येक होम आइसोलेटेड मरीज को मेडिकल किट की घर पहुंच सेवा दी जा रही है

प्रत्येक कोविड केयर सेंटर में बेड़स पानी भोजन दवाई मेडिकल स्टॉफ संगीत योग ध्यान की व्यवस्थाएँ भी की जा रही हैं प्रदेश के शासकीय और अशासकीय चिकित्सा केन्द्रों में बिस्तरों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है

ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए वर्चुअली आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में गलत अफवाह उड़ाने वालों और भ्रामक जानकारियाँ देने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए